छह कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रांची सिविल कोर्ट दो दिनों के लिए सील

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा एक हजार छियासी नए संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार सात सौ तिरपन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में रांची में सबसे अधिक चार सौ बारह नये मरीज मिले हैं वहीं अच्छी बात यह है कि कल पहली बार एक दिन में सबसे अधिक आठ सौ बाईस मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं झारखंड में अब तक आठ हजार तीन सौ पच्चीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर राजधानी रांची देश के उन तेरह जिलों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक मृत्यु दर है इन शहरों में मृत्यु दर चौदह प्रतिशत हो गयी है जबकि अभी राष्ट्रीय औसत मात्र दो दशमलव शून्य चार प्रतिशत है राज्य में अब तक एक सौ साठ मरीजों की मौत हो चुकी है गिरिडीह जिले में कल छियानवें कोरोना संक्रमित मिले जिले के सिविल सर्जन डॉ अवधेश क्मार सिन्हा ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या बढ़कर आठ सौ बियालीस हो गई है जिले में दो सौ पैंतीस सकिय मामले हैं जबकि शेष स्वस्थ हो चुके हैं

सिविल सर्जन ने बताया कि सभी को पहचान कर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है दुमका जिले में अब तक एक सौ बहत्तर लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं इनमें से पचहत्तर लोग ठीक होकर घर वापस चले गये हैं जबकि संतानवें कोरोना संक्रमित मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा है कल भी पांच नये संक्रमित मिले उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले के लोगों से अपील कि है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें जिला में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा और उनके विरुद्व दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी

रांची सिविल कोर्ट में छह कर्मचारियों के कोराना पॉजिटिव मिलने के बाद दो दिनों के लिए पांच कोर्ट को सील कर दिया गया है सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार मनीष क्मार सिंह ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है इन पांचों कोर्ट को सैनिटाइज किया जायेगा इन अंदालतों से जुड़े सिर्फ रिमांड और अतिआवश्यक मामलों को छोड़कर अन्य सभी तरह के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य पूरी तरह से दो दिन बंद रहेंगे कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोडरमा पुलिस की ओर से क्षेत्रीय भाषा में संदेश प्रसारित कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है

केन्द्र की ओर से कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी बगैर जांच के छूट गया और संक्रमित निकला तो वह बड़े वर्ग में संक्रमण फैला सकता है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से यह भी कहा है कि वह अपने यहां आक्सीजन सुविधा और त्वरित प्रतिकिया तंत्र के साथ एम्बुलेंस संचालित करें उन्होंने जोर देकर कहा है कि एम्बुलेंस की प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए और लोगों को उपलब्ध नहीं होने के मामले शून्य तक लाये जाए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

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके स्थान पर दूसरे लोगों की नियुक्ति की जायेगी ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त और उपविकास आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है दिये गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि वैसे हड़ताली मनरेगाकर्मी जिन्होंने हड़ताल पर जाने के बाद भी टैब लॉग इन आइडी और अभिलेख सरेंडर नहीं किये हैं उनके विरूद्व सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्म विश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है नई दिल्ली में कल शाम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है

श्री मोदी ने कहा कि गरीबी कचरा खुले में शौच जाने की मजबूरी और दूर से पानी भरकर लाने की विवशता जैसी समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक भारत छोडो अभियान चलाया जा रहा है गोड्डा जिले में गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आवाहन को देखते हए गोड्डा के कई ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया आज प्लास्टिक की गंदगी चुनने और उन्हें सही जगह पर निपटारा करने का अभियान चलाया जाएगा कई स्थानों पर श्रमदान और रंग रोगन की तैयारियां हो रही हैं

बोकारो जिले में आमलोगों की मदद से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संपूर्ण आदिवासी समाज की संस्कृति स्वशासन परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का आज दिन है राज्यपाल ने कहा है कि यह प्रयास है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदिवासी समुदाय के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागृति और सजगता आये वंचित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास हो सके

उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की उत्कृष्ट जीवन शैली को अपनाकर समाज राज्य और देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह मोरहाबादी मैदान में ही आयोजित किया जायेगा कल रांची के उपायुक्त छविरंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र झा ने मुआयना करने के बाद कहा कि मोरहाबादी मैदान में अतिथियों के बैठने की इस तरह से व्यवस्था की जायेगी कि आपस में सामाजिक दूरी का पालन हो सके उपायुक्त ने बताया कि गृह कारा और आपदा प्रबंधन के विभाग के निर्देश के बाद ही अतिथियों की संख्या पर निर्णय लिया जायेगा उन्होंने बताया कि समारोह में बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने यह भी बताया कि समारोह के लिए किसी तरह का पास जारी नहीं किया जायेगा रांची से मुंबई जाने वाली एयर एशिया के विमान से कल एक पक्षी टकरा गया जिससे विमान में तकनीकी खराबी आ गयी और विमान रनवे पर ही रूक गया रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इस विमान ने दो बार उड़ान भरने की कोशिश की लेकिन इस दौरान विमान से चिंगारी निकलता देख पायलट ने सुझबूझ का परिचय देते हए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रनवे पर ही रोक दिया इस विमान में केबिन कू के साथ एक सौ छिहत्तर यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित है रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विमान को दूसरी बार उड़ान भरने की अनुमति दी गयी थी अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सभी अखबारों ने रांची के बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट पर कल बड़ा विमान हादसा टलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एयरपोर्ट पर एक सौ छिहत्तर यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले एयर एशिया का विमान पक्षी से टकरा गया था इसकी वजह से विमान के इंजन में खराबी आ गयी लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया प्रभात खबर ने विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री के आलेख को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदि परंपराओं के संवाहकों को नमन पूरा विश्व इनका ऋणी है दैनिक भास्कर ने कोझीकोड हादसा की खबर को प्रमुखता से लिया है और बताया है कि बारिश में रन वे नहीं दिखा तय जगह से एक किलोमीटर आगे लैंडिंग से हुआ हादसा दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमित के सबसे ज्यादा मरीज मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है यह भी बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में राजधानी रांची में सर्वाधिक चार सौ बारह कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गयी है दैनिक जागरण ने बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट पर दो बार हादसे से बचा एयर एशिया का विमान इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है रांची एक्सप्रेस ने प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल राजघाट के नजदीक राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र के उदघाटन की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केरल के कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए अठारह लोगों और विमान के ब्लैक बाक्स मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी केरल के कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना में विमान के ब्लैक बॉक्स मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है यह भी बताया है कि रांची के बिरसा मुण्डा हवाई अड्डे पर भी कल एक विमान हादसा होते होते टल गया